प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटस के इस्तेमाल के बारे में एक योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बल विश्व में आतंकवाद और साइबर अपराध रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेगे इस बीच मुख्यमंत्री कल सात फरवरी को चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शिमला लौटेंगे सुभाष ठाकुर बिलासपुर सदर से विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा है कि क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुठेड़ा में रोगी कल्याण समिति की बैठक में कल उन्होंने बताया क्षेत्र के क्षेत्रीय अस्पताल समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है सुभाष ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर की स्थापना की गई है कार्यशाला मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना और उद्योग विभाग से सम्बन्धित अन्य योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में कल एक कार्यशाला लगाई गई इस अवसर पर जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक ओपी जरयाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है समाचार पत्रों की सुर्खियां आज समाचार पत्रों ने आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति और तबादलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है सात आईपीएस अफसर पदोन्नत बिलासपुर सोलन और ऊना के एसपी बदले

दैनिक जागरण लिखता है नौ आईपीएस अफसर पदोन्नत पंजाब केसरी के शब्द हैं बिलासपुर सोलन और ऊना के एसपी बदले हिमाचल दस्तक का कहना है दिवाकर बिलासपुर मेजे ऊना अब गोकुलचंद्रन देखेंगे अभिषेक यादव सोलन के नए एसपी दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है एन वेणु गोपाल होंगे एडीजी आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल सरकार ने बदले तीन जिलों के एसपी चार बने एडीजीपी

जबकि दैनिक जागरण का र्शीर्षक है तिब्बतियों के लोसर उत्सव पर कोरोना वायरस का साया दैनिक भास्कर का कहना है कोरोना वायरस कंट्रोल होने तक चीन यात्रा पर न जाएं प्रदेशवासी प्रदेश सरकार ने जारी की एडवायजरी हिमाचल दस्तक ने खबर दी है चुनाव क्षेत्र में दफ्तर चाहते हैं माननीय पर भत्ता नहीं छोड़ंगे बजट सत्र में हो सकता है इस सुविधा का एलान बहचर्चित छात्रवृति घोटाले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीबीआई ने ऊना में क्छ और छात्रों के बयान दर्ज किए वहीं अमर उजाला लिखता है एक हजार विद्यार्थियों की छात्रवृति पर संकट ऊना में सीबीआई की दबिश पंजाब केसरी के शब्द हैं ऊना में सीबीआई की विद्यार्थियों से पूछताछ

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है किन्नौर की बेटी का स्वीडन में गोल्डन पंच इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक